मरीज रहे परेशान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले चार साल के दौरान देश भर में रिकार्ड बारह करोड रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं प्रधानमंत्री नई दिल्ली में बिहार के सात शहरों सहित देश के एक सौ उनतीस जिलों में पाईप लाईन के जरिये घरेलू गैस वितरण और अन्य योजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि इससे पहले साठ साल में रसोई गैस के तेरह करोड कनेक्शन प्रदान किये गये प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह से पहले देश में घरेलू गैस कवरेज का दायरा केवल पचपन प्रतिशत था जो अब बढकर नब्बे प्रतिशत हो गया है प्रधानमंत्री सिटी गैस वितरण योजना के तहत पटना रोहतास गया औरंगाबाद कैमूर नालंदा और बेगूसराय शहर को शामिल किया गया है योजना के अंतर्गत पाईप लाईन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने सीएनजी और व्यापारिक तथा औद्योगिक कार्यों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है पटना शहरी क्षेत्र में घरों तक दिसम्बर महीने तक पाईप लाईन से गैस उपलब्ध करा दिया जायेगा वहीं अगले वर्ष मार्च महीने तक शहर में तीन सीएनजी स्टेशन भी शुरू हो जायेंगे इस अवसर पर पटना बरौनी और सासाराम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया बरौनी में आयोजित समारोह में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित थे उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की बजाए मतपत्रों से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन के इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का दुरूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए मुजफ्फरपुर जिले के सरैया के जैतपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत पोखरैरा गांव के पास एक निजी बैंक के कर्मचारियों से अपराधियों ने बावन लाख रुपए लूट लिये विरोध करने पर अपराधियों ने एक गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया और उसका रायफल लेकर फरार हो गये घायल गार्ड का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है जानकारी के अनुसार बैंक के कर्मचारी मिठनपुरा इलाके से रूपये लेकर मुजफ्फरपुर मेन ब्रांच में जमा कराने जा रहे थे इधर बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैपुर गांव के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक निजी बैंक के कर्मचारी से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में आज भी ओपीडी सेवाएं बाधित रहीं जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है गौरतलब है कि भोजपुर जिले में जिलाधिकारी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा चिकित्सकों के साथ कथित तौर पर मारपीट के विरोध में राज्य के डॉक्टर हड़ताल पर चले गये हैं संघ ने भोजपुर के जिलाधिकारी के तबादले की मांग की है और मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है इधर भोजपुर में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिये निजी और आयुष चिकित्सकों को अस्पतालों में तैनात किया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और पड़ोसी देशों को मछली निर्यात से आमदनी भी हो रही है श्री सिंह आज पटना में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को दो सौ संतावन करोड़ रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि चार सौ बासठ समितियों को मदद प्रदान करने के लिये योजना तैयार कर ली गयी है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग छह लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में विकास कार्यों के कारण बाहर जाने वाले मजदूरों का पलायन कम हुआ है पटना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का विकास दस प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ रहा है उन्होंने श्रमिकों का कौशल विकास कर उन्हें हुनरमंद बनाने और क्षमता संवर्द्वन पर जोर दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित दशरथ मांझी श्रम नियोजन और अध्ययन संस्थान का उद्घाटन तथा दशरथ मांझी की प्रतिमा का अनावरण किया बेगूसराय जिले की निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को पूछताछ के लिये एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है पुलिस ने मंझौल व्यवहार न्यायालय से इसके लिये अनुरोध किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार पच्चीस नवम्बर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की यह पचासवीं कड़ी होगी इधर प्रदेश भाजपा सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर मन की बात की पचासवीं कड़ी के सुनने के लिये व्यवस्था करेगी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल गंगा नदी में विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं इधर गंगा और गंडक नदी के संगम पर हरिहर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिये मिथिलांचल मगध और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्दालुओं के आने का सिलसिला जारी है कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए रेलवे ने भी पटना दानापुर पाटलिपुत्र जंक्शन राजेन्द्र नगर और सोनपुर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के प्रबंध किये हैं इधर कल गुरूनानक जयंती की पूर्व संध्या पर पटना स्थित तख्त श्रीहरिमंदिर साहब को विशेष रूप से सजाया गया है आज सुबह श्रद्वालुओं ने प्रभात फेरी निकाली और गुरूनानक देव के संदेशों को याद किया प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बारहमासी सड़कों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य तेज हुए हैं पेश है हमारे अरवल संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट

सड़कों के बन जाने से लोगों का जीवन आसान हुआ है

आकाशवाणीसमाचार के लिए अरवल से चंद्र भुषण कुमार

इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है

वामपंथी छात्र संगठन एआईएसएफ आईसा और छात्र राजद मिलकर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे तीनों छात्र संगठनों ने संयुक्त बैठक में यह निर्णय किया समझौते के मुताबिक पांच दिसम्बर को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद लिये एआईएसएफ उम्मीदवार खड़ा करेगा वहीं उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिये छात्र राजद जबकि महासचिव पद पर आईसा अपना उम्मीदवार उतारेगा इधर पटना विश्वविद्यालय के डीन एनके झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उनपर एक खास छात्र संगठन को मदद करने का आरोप लगा था सीवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के नथनपुरा गांव के पास एक ट्रक और स्कूली बस के बीच टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गयी वहीं हादसे में बस पर सवार छह बच्चों समेत बारह अन्य लोग घायल हो गये पूलिस ने बताया कि जिले के नौतन थाना क्षेत्र के सरमेरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत घूमने जा रहे थे इसी दौरान ये दुर्घटना हुई पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेश रोड में खुले नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक की तलाश के लिये अभियान आज छठे दिन भी जारी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर तलाशी अभियान चला रही है

मरीज रहे परेशान